इस मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित चार सैन्यकर्मी शहीद हो गए जिले के पिंगलीना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए और एक नागरिक की भी मौत हो गई सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि मुठभेड़ स्थल पर तलाशी जारी है क्योंकि रिहायशी इलाके में एक और आतंकवादी के होने की संभावना है उधर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवादियों का सफाया करने में सुरक्षाबलों को सफलता मिल रही है आज दिल्ली में एक समारोह से अलग जम्मू कश्मीर के पुलवामा मुठनेड़ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों का मनोबल बहुत ऊंचा है

वहां मुख्यमंत्री ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके परिवार वालों को यह विश्वास दिलाया कि आतंकवादियों को इस कायराना हरकत का कारारा जवाब दिया जायेगा उन्होंने कहा कि पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ है देश के लोगों से इस मामले में सरकार को धैर्य और समर्थन चाहिये

वे आज नई दिल्ली में एक समारोह में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान करने के बाद बोल रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय गुरूदेव टैगोर अनूठी प्रतिमा के धनी थे इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संस्कृति किसी भी देश की प्राण वायू होती है क्योंकि यह उसे एक पहचान देती है किसी भी राष्ट्र का सम्मान उसकी सांस्कृतिक परिपक्वता से तय होता है विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सांस्कृतिक परिपक्वता को कायम रखने में स्वामी विवेकानन्द और गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान को भुलाया नही जा सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरूदेव की शिक्षाए शाश्वत हैं और इनसे पूरी दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस अवसर पर मणिप्री नृत्य के प्रतिपादक राजक्मार सिंघाजीत सिंह को वर्ष दो हजार चौदह के लिए टैगोर प्रस्कार प्रदान किया गया बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छायानॉट को गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों और बंगाल की कलाओं को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दो हजार पन्द्रह के लिए और जाने माने मूर्तिकार और विद्वान राम वनजी सुतार को दो हजार सोलह के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया

उन्होंने कहा कि ये बैंक इतने सक्षम होने चाहिए कि आम आदमी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकें वे आज दिल्ली में केंद्रीय बोर्ड की बजट पश्चात बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्ष में राजस्व में काफी वृद्वि हुई है

उन्होंने बताया कि एक सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है उनके मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केन्द्र के सहयोग से यह सर्वेक्षण किया है

उन्होंने बताया कि बीते दो वर्षो में सरकारी अस्पतालों में सात हजार आठ सौ पचपन नये डॉक्टरों की नियुक्ति की गयी है चिकित्सा मंत्री ने यह जानकारी विवानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी उन्होंने कहा कि अमी भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है डॉक्टरों की नियुक्ति के विषय में विस्तार से बताते हुये चिकित्सा मंत्री ने कहा कि नये डॉक्टरों में से दो हजार आठ सौ पैंसठ की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के जरिये की गयी है जबकि दो सौ तिरसठ को फिर से तैनाती दी गयी है उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दो हजार आठ सौ आयुष डॉक्टरों की भी नियुक्ति की गयी है

उन्होंने कहा कि उपमोक्ताओं की सुविधा के लिये सरचार्ज छूट योजना पचीस मार्च तक बढ़ा दी गयी है ऊर्जा मंत्री ने समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा पूर्छे गये सवाल के जवाब में यह जानकारी दी